भारत और दक्षिणी कोरिया ने आज व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में चार समझौतों पर दसखत किये ये सम्झौते आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री श्री नरेनद्र मोदी और दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद दस्तखत किये गये बाद में प्रेस को दिये गये संयुक्त बयान में दक्षिण कोरिया क राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोरिया में हो रहा विकास भारत के लिये प्ररेणादायक है श्री मोदी ने कहा कि आज सारा विश्व कोरियन पैननस्ला में हो रही घटनाओं की तर फ देख रहा है उन्होंने कहा कि भारत तनाव को कम करने के लिए हर संभव सहयोग करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मून और उनके बीच हई बातचीत दोनों पक्षों में नीतिगत हिस्सेदारी को मजबूत करने पर केन्द्रित रही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गये है और दोनों देशों के बीच व्यापार पचास बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है श्री मून ने कहा कि वे ओर भारतीय प्रधानमंत्री लोगों की ख्शहाली और शांति के लिए सहयोग को प्रोत्साहित करने और चौथी औदयोगिक क्रांति के लिए सहमत है उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश दविपक्षीय नीतिगत सहयोग का नया युग शुरू करेंगे हरियाणा में भी पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त करने के लिए राज्य परिषद का गठन किया जायेगा राज्य परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वंय होंगे जबकि विकास एवं पंचायत मंत्री इसके उपाध्यक्ष और पंचायत पंचायत समितियां जिला परिषद नगर िनगम के प्रति निधि इस राज्य परिषद के सदस्य होंगे

म्ख्यमंत्री ने इन चार स्टार स्तर हासिल करने वाली पंचायतों को बधाई दते हए कहा कि पंचायती राज संस्थान के बिना सरकार की कोई योजना सफल नही हो सकती

प्रस्कार की राशि त्रंत ही आरटीजीएस के जरिये ग्राम पंचायतों के खातों में डाल दी जाती है

बैठक में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा जाएगा लोकसभा अध्यक्ष स्मित्र महाजन ने भी इसी दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओ की सर्वदलीय बैठक ब्लाई है

सत्र के दौरान लोकसभा में पारित और राज्य सभा में लंबित तीन तलाक विधेयक प्राथमिकता पर होगा सरकार राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाये जाने की भी कोशिश करेगी हरियाणा सरकार डयूटी के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्लिस कर्मियों के आश्रितों और विधवा को दी जा रही विशेष अन्ग्रह अन्दान राशि को दस लाख रूपये से बढ़ाकर तीस लाख किया है प्लिस महानिदेशक श्री बी एस सन्ध् ने बताया कि अब आसामाजिक तत्वों से लड़ते हए और प्राककित आपदाओं से लोगों की जान बचाते हए मारे जाने वाले प्लिस कर्मियों की विध्वा या आश्रित को बीस लाख रूपये और माता पिता को पांच पांच लाख रूपये दिये जायेंगे अगर माता पिता जीवित नहीं है तो उनका हिस्सा मृतक की विध्वा या आश्रित को दिया जायेगा

डबवाली प्लिस की सीआइए शाखा ने सिरसा निवासी प्रवीण गिर फ्तार कर उसकी कार से एक किलोग्राम हेरोइन बरामद की है प्लिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने बताया कि गश्त के दौरान एक कार से तलाशी लेने पर एक किलो हेरोइन बरामद की गई जिसकी बाज़ार में कीमत एक करोड़ रूपये है प्रांरभिक पूछताछ से पता चला है कि यह खेप दिल्ली से लाई गई थी और इसे सिरसा के साथ लगते पंजाब में बेचा जाना था

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि सामान्य भर्ती अभियान स्वीपर चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार के पदों को छोड़कर शेष सभी ग्र्प डी पदों के लिए होगा विभागों से कहा गया है कि मांग समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर निर्धारित आरक्षण नीति या मानदंडो के अन्सार होनी चाहिए अम्बाला के उपाय्क्त स्शील क्मार ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिये है कि सफाई कार्यमें लगे कर्मियों को स्रक्षा हेत् गमबूट दस्ताने और मास्क दिये जाये और कर्मियों को भी इनके प्रयोग के लिए जागरूक् किया जाये उन्होंने सफाई कर्मियों के लिए अम्बाला शहर और सदर जोन में अलग अलग शिविर लगाकर उन्हें जागरूक करने तथा जिला कल्याण अधिकारी के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाने के भी निर्देश दिये

विश्वविद्यालय अगले शिक्षा सत्र से बायो टैक्नोलौजी तथा माड्रक्रो बायोलौजी मे एमएससी श्रू करने पर भी विचार कर रहा है विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों की क्षमता साढ़ तीन हजार हो गइ है और अगले तीन सालों में पांच हजार विद्यार्थी क्षमता अपेक्षित है अन्संधान कार्यो को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय ने अनुसंधान प्रोत्साहन बोर्ड गठित किया है और लगभग नब्बे लाख रूपये की अन्संधान परियोजनाओं पर काम चल रहा है